मास्क लगायें दो गज की सुरक्षित दूरी बनाये रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड का उपचार करा रहे मरीजों में ब्लैक फंगस बीमारी सामने आने पर इसके उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग इस बीमारी पर नियंत्रण के लिये सभी आवश्यक दवाओं का प्रबंध करें मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपदों में भी चिकित्सकों को इस सम्बन्ध में समुचित प्रशिक्षण दिया जाए इस बीच प्रदेश सरकार ने इस बीमारी से निपटने के लिये चिकित्सकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया आज से शुरू की है इस सम्बन्ध में चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से दिशा निर्देश भी जारी किये गये हैं

यह फोर्स नावों के सहारे प्रदेशमर की नदियों में भ्रमण करे और यह सुनिश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति नदियों में शव न बहाये उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि नदियों के किनारे स्थित सभी गांव तथा शहरों में ग्राम विकास अधिकारी ग्राम प्रधान शहरों में कार्यकारी अधिकारी और नगर पालिका नगर पंचायत और नगर निगम के अध्यक्षों के माव्यम से समितियां बनाकर यह सुनिश्चित करें कि उनके गांव तथा शहर में कोई भी परम्परा के नाते शव को नदियों में न बहाये उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है उसे सम्मानजनक रूप से अन्येष्टि का अधिकार है इसके लिये अन्येष्टि धनराशि स्वीकृत की गई है उन्होंने बताया कि यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो स्थानीय स्तर पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है

पिछले चौबीस घंटों में राज्य में बारह हजार पांच सौ सैंतालीस नये मामने सामने आये हैं जबकि इस दौरान अट्ठाईस हजार चार सौ चार लोग ठीक हुए हैं राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घट कर एक लाख सतहत्तर हजार छः सौ तैंतालीस हो गयी है अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर सत्तासी दशमलव नौ प्रतिशत हो गयी है उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेज गति से चल रहा है कल एक दिन में दो लाख छप्पन हजार सात सौ पचपन नमूनों की जांच की गयी

इस समय अधिक संक्रमण वाले अट्ठारह जनपदों में इस आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है जिन जिलों में टीकाकरण शुरू होगा उनमें आजमगढ़ गोण्डा बस्ती मिर्जापुर और बादा शामिल हैं अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में टीकाकरण का कार्य लगातार चल रहा है अब तक प्रदेश में एक करोड़ सैंतालीस लाख टीके लगाये जा चुके हैं इनमें से एक करोड़ सोलह लाख से अधिक लोगों को पहला टीका और इकतीस लाख लोगों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है उन्होंने कहा कि जनपदों में पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है और आज एक हजार दस मीट्रिक टन ऑक्सीजन का वितरण किया गया है कोविड मरीजों के लिए बनाई गई दवा टू डीओक्सी डी ग्लुकोज की पहली खेप अगले सप्ताह तक जारी होने की संभावना है इस दवा को रक्षा अनुसंघान और विकास संगठन ने विकसित किया है और भारत के औषध महानियंत्रक ने हाल ही में इसके आपात इस्तेमाल की अनुमति दी है यह दवा पाउडर के रूप में छोटे छोटे पैकेट में उपलब्ध होगी जिसे पानी में मिलाकर लिया जा सकेगा टू डीओक्सी डी ग्लूकोज दवा वायरस से संक्रमित कोशिकाओं में जाकर वायरस को फैलने से रोकती है तथा मरीज की ऊर्जा भी बढ़ाती है

यमुनोत्री मंदिर के कपाट कल खोले गए थे हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कोविड महामारी को देखते हुए श्रद्वालुओं को पूजा अर्चना की अनुमति नहीं दी गई पुजारियों को भी सीमित संख्या में पारंपरिक अनुष्ठान करने की अनुमति दी गई उत्तराखंड सरकार ने कोविड को देखते हुए पहले ही इस साल चार धाम यात्रा स्थगित कर दी है मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के केरल में इस महीने की इकतीस तारीख को पहुंचने की संभावना है विभाग ने कहा कि इसमें चार दिन का अंतर हो सकता है केरल में आमतौर पर मॉनसून पहली जून को पहुंचता है